अब तक सात सौ दो मरीजों को अस्पताल से मिली छुट्टी और ईद कल मनायी जायेगी

रेल विभाग ने देश में अगले दस दिनों में दो हजार छह सौ श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया है इससे विभिन्न स्थानों पर फंसे छत्तीस लाख लोगों को राहत मिलेगी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा कि पहली मई से अब तक पैंतालीस लाख से अधिक लोग अपने गृह राज्य पहुंच चुके हैं रेलवे ने पूर्णबंदी के दौरान फंसे कामगारों पर्यटकों श्रद्धालुओं विद्यार्थियों और अन्य लोगों को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू किया था

श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर गंतव्य स्थलों तक चलाई जा रही हैं रेलवे और राज्य सरकारों ने समुचित समन्वय और परिचालन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है साउंड बाईट राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करके रेलवे ने अपने नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए राज्य सरकारों ने अपने नोडल ऑफिसर अपॉइट किए और एक जो इलैबोरेट सोशल डिस्टैंसिंग का प्रॉटोकॉल है हाइजीन का प्रोटोकॉल है और स्क्रीनिंग का प्रोटोकॉल है जिससे कि वह केवल एसिंप्टोमेटिक लोग ही ट्रेवल करें

भारतीय रेल ने यह भी इंतेजाम किया कि किसी भी स्टेशन से अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वो ट्रेन चलाने के हमने इंतेजाम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर सारे जो जिला अधिकारी थे उनको इंस्ट्रक्शनंस दिए गए कि जहां भी उनको जरूरत पड़ती है जो भी रिक्यायरमेंट आती है वो अगर वो रेलवे को बताएं तो रेलवे जहां भी हमारा रेलवे स्टेशन है वहां से ट्रेन चलाने के लिए तैयार है श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के अलावा रेल मंत्रालय ने इस महीने की बारह तारीख से पन्द्रह जोड़ी विशेष ट्रेनों का परिचालन भी शुरू किया है और अगले महीने की पहली तारीख से दो सौ रेल सेवाएं शुरू करने की भी घोषणा की है प्रदेश में विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के माध्यम से प्रवासी कामगारों के आने का सिलसिला लगातार जारी है अब तक आठ सौ पांच ट्रेनों के माध्यम से ग्यारह लाख बहत्तर हजार कामगार अपने गृह जिलों तक पहुंच चुके हैं आज एक सौ पैंसठ ट्रेनों के माध्यम से एक लाख तिहत्तर हजार से अधिक लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे इधर कल एक सौ अठारह रेलगाड़ियों के माध्यम से एक लाख तिरानवे हजार प्रवासी राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचेंगे केंद्र ने कहा है कि पच्चीस मार्च से पूर्णबंदी लागू होने के बाद रेलगाडियों और बसों के जरिए पचहत्तर लाख प्रवासी श्रमिक अपने घर लौटे हैं गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में चार करोड़ प्रवासी श्रमिक हैं मंत्रालय ने देशभर में प्रवासी श्रमिक के मुद्दों पर नजर रखने के लिए चौबीस घंटे काम करने वाला नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है साउंड बाईट केंद्र सरकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रवासी मजदूरों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं

इसके अलावा देश भर में विभिन्न जगहों पर फंसे हुए मजदूरों तीर्थयात्रियों पर्यटकों विद्यार्थियों के अलावा अन्य लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए पहली मई से श्रमिक विशेष रेलगाडियां चलाई जा रही है

इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए अगले महीने की पहली तारीख से दो सौ मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलेगी

कोरोना प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हवाई अड्डों पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं पटना से दिल्ली मुम्बई बेंगलुरू कोलकाता और अमृतसर के लिये फ्लाइटों का संचालन शुरू होगा दिल्ली के लिये नौ फ्लाइट मुम्बई और बेंगलुरू के लिये तीन तीन फ्लाइट तथा कोलकाता और अमृतसर के लिये एक एक फ्लाइट का संचालन होगा नये शेड्यूल के अनुसार चौबीस घंटे के स्थान पर चौदह घंटे ही विमानों का परिचालन होगा पहली फ्लाइट सुबह सात बजकर पैंतीस मिनट पर आयेगी जबकि रात नौ बजकर बीस मिनट पर अंतिम फ्लाइट उड़ान भरेगी दिल्ली हवाई अड्डे से यात्री विमान टर्मिनल तीन से उड़ान भरेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के हवाई अड्डे पर विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनके अनुसार सभी यात्रियों को विमान में चढ़ने से पहले शपथ पत्र देना होगा कि वे चौदह दिन के अनिवार्य प्रथकवास में रहेंगे इनमें सात दिन का सश्ल्क संस्थागत क्वारंटीन शामिल है जिसका खर्चा यात्री को देना पड़ेगा अगले सात दिन घर पर ही पृथकवास करना होगा और स्वयं ही अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी पूरे चौदह दिन घर पर ही क्वारंटीन रहने की अनुमति दी जा सकती है लेकिन इसके लिए बहुत ही विशेष कारण होने चाहिए मानवीय संकट गर्भवती स्त्री परिवार में मृत्यू गंभीर बीमारी और दस वर्ष से छोटे बच्चों के माता पिता जैसे मामलों में घर पर ही क्वारंटीन रहने की अनुमति दी जा सकती है ऐसे मामलों में आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी होगा वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया का एक विमान मस्कत में फंसे एक सौ बत्तीस भारतीयों को लेकर आज सुबह गया पहुंचा इनमें एक सौ सोलह यात्री बिहार के और सोलह झारखंड के हैं गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया है कि झारखण्ड के यात्रियों को विशेष बसों से रांची के लिये रवाना किया गया है वहीं प्रदेश के यात्रियों को चौदह दिनों के लिये बोधगया स्थित संगरोधन केंद्र मे भेजा गया है प्रदेश में आज कोरोना वायरस के एक सौ सत्रह नये मामलों की पूष्टि के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो हजार पांच सौ सात हो गयी है अब तक सात सौ दो कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं प्रदेश में अभी सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार सात सौ बानवे है एक हजार छह सौ चौवन प्रवासी कामगार अभी तक संक्रमित पाए गए हैं इनमें सबसे अधिक दिल्ली के तीन सौ बानवे श्रमिक हैं जबकि महाराष्ट्र के तीन सौ बासठ और गुजरात के तीन सौ छप्पन श्रमिक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के छह हजार सात सौ सड़सठ नये मामलों का पता चला है इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढकर एक लाख इकतीस हजार आठ सौ अड़सठ हो गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकडों के अनुसार अब तक चौवन हजार चार सौ चालीस मरीज ठीक हो चुके हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना वायरस के एक लाख आठ हजार छह सौ तेईस नमूनों की जांच की गई हैं इस प्रकार देश में अब तक उनतीस लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज तीसरे दिन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्मय से आठ जिलों के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासियों से संवाद किया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासियों को राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिये कानून में संशोधन किया जायेगा उन्होंने अधिकारियों को प्रवासियों के कौशल का निरीक्षण कर उन्हें उद्योग और व्यापार जैसे कार्यों में लगाने के निर्देश दिये राज्य सरकार ने दिल्ली मुम्बई सूरत कोलकाता और गुरूग्राम जैसे ग्यारह से अधिक जोखिम वाले शहरों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को ही ब्लॉक स्तर के क्वारंटीन केन्द्रों पर रखने का फैसला किया है अन्य शहरों से वापस आ रहे लोगों के बारे में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट फैसला करेंगे कि उन्हें घर में क्वारंटीन किया जाए या अस्पताल में मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि बड़ी संख्या में वापस लौट रहे लोगों के मद्देनजर यह प्रावधान किया गया है उन्होंने यह स्पष्ट किया कि विमान या अपने वाहन या रेल टिकट खरीदकर वापस आ रहे लोगों को घर पर क्वारंटीन की अनुमति दी जाएगी राज्य में ब्लॉक स्तर पर तेरह हजार से अधिक क्वारंटीन केन्द्रों में नौ लाख साठ हजार से अधिक मजदूर रह रहे हैं सरकार ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी लाक डाउन के फैसले से देश में कोरोना के फैलाव पर रोक लगाने में मदद मिली है कोविड उन्नीस से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए गठित अधिकारिता प्राप्त एक समूह के अध्यक्ष डॉवीके पॉल ने बताया कि जब पूर्णबंदी शुरू हुई थी तब मरीजों के दोगुना होने की दर तीन दशमलव चार दिन थी और अब यह दर तेरह दशमलव तीन दिन हो गई है प्रदेश में अब तक लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में लगभग अठारह करोड़ छियासठ लाख रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गयी है प्रलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार दो हजार तीन सौ साठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि दो हजार एक सौ अंठानवे प्राथमिकी दर्ज करायी गयी हैं वहीं उनासी हजार दो सौ तिरसठ वाहन भी जब्त किये गये हैं लॉकडाउन की अवधि में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही सहायता से आम लोगों का जीवन आसान हुआ है

उन्होंने कहा कि जनता को सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए

इसमें ज्यादा खर्च करने की या नए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है

उसकी हमें खिलाफवर्जी नहीं करनी है हमें ईद घर पर ही सादगी से मनानी है और न ही हमें किसी से गले मिलना है और न ही हमें हाथ मिलाना है नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मनोरोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नन्द कुमार ने लोगों को घर पर रहने योगाभ्यास करने और परिवार के साथ समय बिताने की सलाह दी है

पिछले तीन महीने में कोरोना से डर में कुछ कमी आई और हम उसको कुछ बेहतर समझ पा रहे हैं हम ये भी समझ पा रहे हैं कि इन्फेक्शन कैसे होता है कैसे ट्रांसमिट होता है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं बहुत बार सिम्टम्स के अलावा भी लोगों को कोरोना होता है और हम यह भी समझ पा रहे हैं कि कोरोना को हमलोगों ने बहुत घातक सीरियस है इससे बहुत लोग मर जाते हैं वैसी बात नहीं हैं

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संक्रामक रोग विभाग की चिकित्सक डॉ अन्विता अग्रवाल ने भी लोगों को एहतियाती उपायों का पालन करने और घरों में ही रहने की सलाह दी है

पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट कर कहा है कि यह दावा निराधार है

रमजान उल मुबारक के एक महीने के रोजे आज मुक्कमल हो गये ईद कल मनायी जायेगी दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैय्यद अहमद बुखारी ने कहा है कि समूची मानव जाति इस समय कोरोना वायरस की चुनौती से जूझ रही है और लोगों को इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार का सहयोग करना चाहिए उन्होंने सभी मुसलमानों से अपील की है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए वे केवल अपने घर पर ही नमाज अदा करें साउंड बाईट कोरोना वायरस के हवाले से जो हिदायत मुसलसल आ रही हैं अगर हम इस पर पूरी तरह अमल करें तो इस वायरस को जल्द खत्म करने में हम कामयाब हो सकते हैं और सोशल डिस्टेसिंग बनाए रखना निहायत ही जरूरी है एक दूसरे से दूरी और दीगर हिदायत पर अमल करके हम अपने आपको अपने खानदान और समाज को इस मोहलिक बीमारी से बचा सकते हैं राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी सहित अन्य नेताओं ने ईद की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को मुबारकबाद दी है

अब तक सात सौ दो मरीजों को अस्पताल से मिली छुट्टी और ईद कल मनायी जायेगी